पेरिस समझौता बहुस्तरीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है यह पहली बार होगा जब यह समझौता सभी देशों पर बाध्यकारी है और जलवायु परिवर्तन तथा इसके प्रभावों से निपटने के लिए स्वीकार किया गया है

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि परिस जलवायु समझौता आज पांच वर्ष पूरे कर रहा है इस अवसर पर ब्रिटेन ने वर्चुअल वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस बैठक में भाग लेंगे प्रदेशवासियों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने कल सोलन से प्रदेशव्यापी अभियान की शुरूआत की मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने अभियान का श्भारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक करने के साथ साथ ज़रूरतमंदों को मास्क और सैनिटाईज़र भी बांटे जा रहे हैं

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर व लाहौल स्पिति में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है

बर्फबारी के चलते मनाली केलंग मार्ग और घाटी की अंदरूनी सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है कुल्लू जिले के मनाली सोलंगनाला धुंधीं कोठी व गुलाबा में सुबह से हिमपात हो रहा है राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ रहने की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ब्यान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में इलैक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र करें स्थापित मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रलवे वाणिज्य व उद्योग मंत्री के समक्ष उठाई मांग दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीएम ने केन्द्र से बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क और पावर जनरेशन ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हब को मंजूर किए जाने की उठाई मांग दिव्य हिमाचल के शब्द हैं दिल्ली में चार प्रोजैक्टों की पैरवी आपका फैसला लिखता है मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रदेश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने का किया आग्रह हिमाचल दस्तक के अनुसार बल्क ड्रग पार्क को दिल्ली में पैरवी राजपथ पर दिखेगी अटल टनल रोहतांग दैनिक जागरण की एक खबर है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ओपन टू स्काई पार्किंग निर्माण का रास्ता हुआ साफ शीर्षक से अजीत समाचार ने लिखा है आपदा प्रबंधन के समय किसी तरह की परेशानी नहीं आयेगी दिव्य हिमाचल की एक खबर है अवैध भवनों को नियमित करने की खुशखबरी जल्द वन टाईम सैटलमैंट के लिए कानूनी प्रकिया पूरी करने की तैयारी कोरोना से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है अब आईजीएमसी में रात एक बजे तक होंगे कोरोना के टैस्ट रिपोर्ट भी जल्दी

अमर उजाला के अनुसार कोरोना संकट के बीच हमीरपुर में सैनेटाइजर के सैंपल फेल